शहीदी दिवस के रूप में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र सरकार से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में बेहतर संचार सेवाएं मुहैया करवाने की मांग की है उन्होंने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय विधि व संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद से इस मुददे को लेकर मुलाकात की मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए निवेश आकर्षित करने में मदद का भी आग्रह किया

कोरोना वायरस केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए लोगों को चीन की यात्रा पर न जाने की सलाह दी है चीन से आने वाले यात्रियों से भी कहा गया है कि वे अपने स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखें

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में सामने आया है बसंत पंचमी बसंत पंचमी का पर्व आज प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया इस पर्व को बसंतोत्सव और फूलों के खिलने के मौसम का आरंभ माना जाता है बसंत पंचमी के मौके पर कल्लू में भगवान रघ्नाथ जी की शोभा यात्रा निकाली गई हमारे प्रतिनिधि के अनुसार कुल्लू में आज से ही होली के त्योहार की शुरूआत हो जाती है

उधर ऊना ज़िले के डोहगी में दो दिवसीय बसंत महोत्सव आज सम्पन्न हुआ इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि अगले वर्ष से इस उत्सव को खण्ड स्तरीय महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा बिक्रम ठाक्र ऊना ज़िला के बंगाणा में रोजगार उप कार्यालय का उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने आज श्भारंभ किया ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर भी इस दौरान मौजूद रहे इस रोजगार कार्यालय में युवाओं का ऑनलाईन पंजीकरण किया जाएगा बिक्रम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को प्रयासरत्त है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि उप रोजगार कार्यालय खुलने से बंगाणा वासियों की लम्बे समय से चल रही मांग पूरी हुई है इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने बंगाणा में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय के कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेज़ी लाने के निर्देश दिए सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बच्चों से प्रतिबद्वता व ईमानदारी का मूलमंत्र अपनाने को कहा है वे कांगड़ा जिले के राजकीय विद्यालय भलेड और दरीणी में वार्षिक समारोह में बोल रहीं थीं सरवीण चौधरी ने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और समारोह के बाद जन समस्याएं सुनकर अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश दिए एक भारत श्रेष्ठ भारत शिमला ज़िले में पर्यटन मंत्रालय के होटल प्रबंधन खानपान व पोषाहार संस्थान कुफरी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज नुक्कड़ नाटक व भाषण का आयोजन किया गया

इस गतिविधि के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की विशेषता को समझाया गया

पहली उड़ान भुंतर गोंदला सिसू भुंतर जबकि दूसरी उड़ान भुंतर किलाड़ चंबा किलाड़ भुंतर के बीच भरी जाएगी ये उड़ानें मौसम पर निर्मर करेंगी मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा हालांकि बर्फबारी और वर्षा के बाद से शीतलहर का प्रकोप अभी भी जारी है

इधर शिमला के अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि शहर में सभी मार्गों पर यातायात सुचारू है

बरागटा भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कहा है कि जुब्बल नावर व कोटखाई क्षेत्र में सड़कों को खोलने और विद्युत बहाली का कार्य युद्वस्तर पर किया जा रहा है उन्होंने अधिकारियों को बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं बहाल करने के लिए जुरूरी दिशा निर्देश दिए

उन्होंने इलाके में आगामी कल तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई है पुण्यतिथि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य तिथि आज शहीदी दिवस के रूप में मनाई गई

प्रदेश के विभिन्न जिलों में दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को श्रद्वांजलि दी गई शिमला के रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मुख्य सचिव अनिल खाची ने पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि आज उन स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आज़ादी व रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है प्रदेश युवा कांग्रेस ने भी शिमला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वासुमन अर्पित किए कुष्ठ रोग इस बीच महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में भी मनाई गई इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने सोलन में जागरूकता रैली निकाली जिसमें नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने लोगों को जागरूक किया कृष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर उदित रस्तोगी ने बताया कि रैली के माध्यम से लोगों को कृष्ठ रोग के बारे में जागरूक किया गया है

बजट सत्र के पहले दिन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करेंगे इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जायेगा बजट शनिवार पहली फरवरी को प्रस्तुत किया जायेगा शिविर मंडी जिले में बल्ह क्षेत्र के लेदा में आज एक दिवसीय कृषि प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया

शिविर में विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और फसलों को जंगली जानवरों से बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं दूसरी ओर द्रंग क्षेत्र की नाऊ पंचायत में बागवानी जागरूकता शिविर में विधायक जवाहर ठाकुर ने बागवानों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि बागवानी विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कार्य योजना तैयार की है